राजधानी शिमला में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के निकट भूस्खलन के कारण एक मकान ढहने से एक ही परिवार की दो लड़कियों व एक महिला की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया

उधर ठियोग में नाला पार करते समय दो नेपाली मूल की महिलाओं के बहने का समाचार है इसके अलावा ढल्ली में भी एक व्यक्ति की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई जबकि हाटकोटी में गाड़ियों पर चट्टाने गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु व तीन अन्य घायल हो गए चम्बा ज़िले में बंदला पंचायत के लौणा गांव में बीती रात एक मकान पर मलबा ग़िरने से दो लोगों की मौत हो गई कुल्लू ज़िले में भी वर्षा से जुड़ी घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई सिरमौर ज़िले में पच्छाद क्षेत्र के डिलमन में भारी वर्षा से डंगा ढहने के कारण एक ट्रक के खाई में लुढ़कने से चालक की मौत हो गई

इसके अलावा सड़कों पुलों और खेतों में खड़ी फसलों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है लाहौल स्पीति ज़िले के कोकसर बारालाचा और चंद्रताल में सैंकड़ों लोग व गाड़ियां फंसी हैं

लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं और सतलुज और ब्यास के आसपास रह रहे लोगों ने बीती रात जाग कर ही काटी कुल्लू ज़िले में ब्यास व पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं ज़िला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है चम्बा ज़िले में रावी नदी भी उफान पर है चम्बा बस अड्डे का एक बड़ा भाग रावी नदी में धंस गया जिससे मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई चम्बा जिले की पांगी घाटी में सभी बिजली परियोजनाओं में बाढ़ आने से उत्पादन बंद हो गया है जिससे घाटी में बिजली गुल हो गई है और बिजली बहाल करने में तीन चार दिन लग सकते हैं

भारी वर्षा को देखते हुए शिमला सोलन सिरमौर और कुल्लू ज़िला प्रशासन ने कल अपने अपने ज़िलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने की घोषणा की है

विधानसभा प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है

उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से सौहार्दपूर्ण माहौल में सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है दूसरी ओर सत्र पर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस की बैठक विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज शाम शिमला में होगी

वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले में गोबिंद सागर झील में जल्द ही पर्यटन गतिविधियां शुरू की जाएंगी ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज थानाकलां में कुटलैड़ पर्यटन विकास सोसायटी की एक बैठक में बताया कि झील में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के लिए बीबीएमबी सहित सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गए हैं